केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोकतंत्र में अस्पताल एम्ब्लेंस और दवाई की दुकानों को बिना रूकावट के काम करने देना नितान्त आवश्यक है लेकिन आज बिहार में दो वर्ष की एक बच्ची की मौत से भय का वातावरण हो गया है श्री प्रसाद ने कहा कि इससे लोगों को परेशानी हो रही है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है उन्होंने कहा कि बंद में बसों को निशाना बनाया जा रहा है और मेडिकल स्टोर जबरन बंद कराये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि लोग बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है श्री प्रसाद ने कहा कि हम जनता के साथ हैं और सरकार ने महंगाई रोकने के उपाय किये हैं उन्होंने कहा कि तेल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संकट की वजह से बढ़ी हैं और सरकार लोगों की समस्याएं हल करने के पूरे प्रयास कर रही है श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार किसी एक परिवार की नहीं है बल्कि समूचे देश के लिए काम कर रही है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत की महान सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है श्री नायडू कल शाम शिकागो के कला संस्थान में भारतीय समुदाय को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने विदेशों में बसे भारतीयों को अपनी प्राचीन संस्कृति और मूल्यों को आज भी बरकरार रखने पर जोर दिया उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार के बड़े फैसलों से देश आज बड़े बदलाव से गुजर रहा है देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है जीएसटी की वजह से करदाताओं का दायरा बढ़ा है और कर देने वाले लोगों की संख्या में वृद्वि दर्ज की गयी है जनघन खातों की संख्या और उनके जमा पूंजी का उत्लेख करते हुये उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार के सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य गरीब लोगों के कल्याण का है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के नौ डी एस एन जी वैन को देश के विभिन्न शहरों के लिए रवाना किया ये वैन देश के विभिन्न शहरों में द्रदर्शन केन्द्रों पर तैनात की जायेंगी प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन व खादी ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत विभिन्न जनपदों के उत्पादों को बढ़ावा देने का कार्य तेजी से किया जा रहा है इससे उत्पादों से जुड़े शिल्पी व कारीगर के जीवन स्तर में सुधार आयेगा श्री पचौरी आज गोरखपुर के जीडीए सभागार में एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश इंस्ट्यूट ऑफ डिजाइन द्वारा टेराकोटा शिल्पी बुनकर सम्मेलन और टेराकोटा डिजाइन कार्यशाला के समापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने टेराकोटा के कारीगरों से कहा कि वे बैंक से ऋण लेकर कार्य करे तथा लिये गये ऋण का समय से भुगतान भी करें इससे बैंकों का विश्वास उनके ऊपर बना रहेगा और बैंक उन्हें व्यवसाय में मदद करते रहेंगे उत्तर प्रदेश के कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में हैं और लगभग सभी नदियां उफान पर हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान वर्षा से जुड़ी घटनाओं में छह लोगों की जान गई है बदायूं और बरेली जिलों के साथ ही तराई के कृष्ठ अन्य इलाकों में भी बाढ़ से मौतों के मामलों में तेजी देखी जा रही है बरेली के मुख्य विकित्सा अधिकारी विनीत शुक्ला ने अकाशवाणी को बताया कि केन्द्र से आई डॉक्टरों की टीम जिले में प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर रही है और बीमारी की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है इस बीच राज्य सरकार की ओर से भेजी गई तीन अन्य चिकित्सकों की टीमों ने दोनों जिलों के हर ब्लॉक में कैंप लगाकर मरीजों की जांच शुरू कर दी है और इसके साथ ही राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल बेहतर करने का प्रयास कर रही है रेपिड डायनोस्टिक किट के सहारे बुखार का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और इलाके में मुफ्त दवाओं का वितरण किया जा रहा है ये टीमें साफ पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ ही मच्छरों को भगाने के लिए चल रहे फॉगिंग अभियान की भी देख रेख कर रही हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ